प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व लोगों को बांटने और गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि समय की जरूरत लोगों को एकजुट कर देश के विकास और देशवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करने की है अपने कई टवीट में उन्होंने कहा कि विचार विमर्श और मतभेद लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा है लेकिन सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना और सामान्य जनजीवन में व्यवधान लाना कभी इसका हिस्सा नहीं रहे प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि हम सभी भिलकर गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए अपना योगदान करें नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि लोकतंत्र में विचारों में असमानता हो सकती है लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं लोकतंत्र में सहमति असहमति हमारे लोकतंत्रत का मजबूत पहलू है लेकिन इसमें अगर हिंसा होती है तो वो लोकतंत्र की मूल भावना को नुकसान पहंचाती है जो लोग इस हिंसा पर उतरे हुए हैं उनको हम यही यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनके समाजिक संवैधानिक सभी अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है अपने ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के संदर्भ में कुछ निहित स्वार्थी तत्व अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने लोगों से कानून का पालन करने की अपील की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ांति व्यवस्था को प्रभावित करने की अनुमति किसी को नहीं है प्रदेश में लखनऊ के नदवा कॉलेज और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक संस्थानों में स्थिति नियंत्रण में है नदवा कॉलेज के छात्रों ने आज सुबह नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह से स्थिति की जानकारी ली इस बीच अलीगढ़ विश्वविद्यालय में आज से शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है उच्चतम न्यायालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया भिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित पुलिस ज्यादती के मामले की कल सनवाई करेगा न्यायालय ने इस दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसक घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां तुरन्त बंद की जानी चाहिए वकीलों के एक समूह ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह छात्रों पर कथित पुलिस ज्यादती का स्वतः संज्ञान ले इस पर न्यायालय ने वकीलों से कहा कि वे इस बारे में याचिका दायर करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पेशेवर पुलिस बल के निर्माण के लिए प्रभावी प्रशिक्षण को आवश्यक बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने विगत ढाई वैरों में इस दिशा में कई कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में कानन व्यवस्था के प्रति अत्यंत सजग है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से प्रदेश पुलिस बल अब प्रभावी पुलिस बल बनने की ओर अग्रसर है मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइंस में महिला पुलिस रिक्ट की पासिंग आउट परेड की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में ये बातें कहीं श्री योगी ने कहा कि इन महिला आरक्षियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को नई ऊंचाई दी है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने आकाशवाणी और दूरदर्शन से कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने में अधिक तालमेल का आह्वान किया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आज सुबह आकाशवाणी के हैदराबॉद केन्द्र में समीक्षा बैठक में विभिन्न शाखाओं के प्रमुखों से मुलाकात की उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के पास द्र्लम कार्यक्रमों का संग्रह है उन्हें डिजिटल बनाकर आम लोगों को उपलब्ध कराने की जरूरत है उन्होंने द्रदर्शन के दर्शकों को भी ध्यान में रखकर कार्यक्रम तैयार करने को कहा श्री वेम्पटि ने आकाशवाणी और द्रदर्शन को प्रशासन और कार्यक्रम निर्माण में बड़े पैमाने पर सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग करने का सुझाव दिया राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है यह उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में मनाया जाता है आज उन शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित को जा रही है जिन्होंने इस युद्ध में बलिदान दिया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक टवीट में कहा है कि वे भारतीय सैनिकों के साहस और शौर्य को सलाम करते हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है जिन्होंने हर परिस्थिति में देश की रक्षा की है